उन्होंने आज दोपहर बाद नई दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोतेय छेरिंग के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह बात कही आज फ्रधानमंत्री डॉक्टर लोतेय ने मुझे एक खुशखबरी भी दी है भूटान सरकार ने शीघ्र ही रूपे कार्ड को लॉन्च करने का निर्णय लिया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान को विकास में मदद देना जारी रखेगा मैंने प्रधानमंत्री जी को आस्वस्त किया है कि भूटान के विकास में भारत हमेशा की तरह एक भरोसेमंद मित्र और साझेदार की भूमिका निमायेगा

यह योगदान भूटान की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि डॉक्टर लोतेय के नेतृत्व में भूटान प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सहयोग में एक नया आयाम अंतरिक्ष विज्ञान है भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के विकास संबंधी गतिविधियों में मदद देता रहा है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने भारत में वस्तु और सेवाकर लागू करने से प्रभावित भूटान के व्यापारियों को मदद देने का आश्वासन दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि योग एक ऐसी शक्ति है जिसने भारत को दुनिया में विशेष पहचान दिलायी मुम्बई योग संस्थान के एक सौ वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्री कोविन्द ने कहा कि एकजुटता ही योग का दूसरा नाम है जो दुनिया की संस्कृतियों को आपस में जोडता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश में योग को बढावा देने के लिए बहुत योगदान कर रही है राष्ट्रपति ने योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की सराहना की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने विद्यार्थियों को छात्र धर्म का पालन करने की नसीहत देते हुए कहा है कि छात्र धर्म का मतलब है कि विद्यार्थी पूरा मन लगाकर पढ़ाई करे लेकिन सिर्फ किताबे ही न पढे उसके साथ साथ कोई खेल अथवा अन्य रुचि का काम मे भी मन लगाएं क्योंकि किताबे पढ़ने से सिर्फ बुद्धि का विकास होता है लेकिन अन्य गतिविधियों से शरीर का निर्माण होता है और बुद्धि के साथ स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है श्री नाईक आज सीतापुर के चांदपुर महमूदाबाद में स्थित श्री संतोषी लाल मेमोरियल ट्रस्ट कॉलेज द्वारा आयोजित छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गाजीपुर और वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे गाजीपुर में प्रधानमंत्री स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे साथ अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे जहां पर वह अन्तर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का उद्घाटन करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे

इसके तहत बढ़ई दर्जी टोकरी बुनकर नाई सुनार लोहार कुम्हार हलवाई मोची राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के संसाधनों को सुदृढ़ करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा साथ ही इस योजना को एक जिला एक उत्पाद योजना से भी जोड़ा गया है योजना के प्रमावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी कर दिये गये हैं बलिया के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आज एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया इसमें कुल चार सौ तीस बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया इस रोजगार मेला में कुल एक हजार तीन सौ सात अम्यर्थी शामिल हुए साक्षात्कार के माध्यम से चार सौ तीस का चयन किया गया प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अत्यसंख्यक समुदाय के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित किए जाने के लिए बारह करोड छप्पन लाख रुपये मंजूर किए हैं एक शासनादेश के अनुसार इस प्रयोजन हेतु कुल पच्चीस करोड़ बारह लाख रुपये प्राविधानित हैं जिसकी पहली किस्त पूर्व में ही निर्गत की जा चुकी है